मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई

याचिका कर्ता ने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है एस्मा लागू प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पर एस्मा लगा दिया है इससे विभाग के कर्मचारी आगामी छह महीनों तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पर एस्मा लगाया गया है जिससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर रहे और हड़ताल के कारण कोई सेवा बाधित न हो

उन्होंने सतर्कता बरतने के साथ राज्यों को हर सम्भव मदद का भरोसा दिया इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी और ग्रह सचिव नितीश झा मौजूद रहे मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सीमाओं की सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह सचिव से अतिरिक्त फोर्स की मांग की गयी है उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से सटी हुई हैं इस लिहाज से भी यहां अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि कोरोना की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है केंद्र सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य में भी पुख्ता प्रबन्ध किए गए हैं

हालांकि मंदिरों में संबंधित पुजारी अपनी नियमित पूजा अर्चना करते रहेंगे

जिलाधिकारी ने जिले के सभी नगर निकाय के संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों बस स्टेशन रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों में पेयजल प्वांइट नल आदि में पानी की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही सैनेटाइजर साबुन रखने के निर्देश दिये हैं

उधर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है

अफगानिस्तान फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वालों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है

आज दिन में तीन बजे के बाद से इन देशों से भारत के लिए उड़ानें रोक दी गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी

इस बारे में राज्य सरकारों को परामर्श भेज दिया गया है

आज संसद में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा साथ ही लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि एयरपोर्ट रेलवे और बंदरगाहों पर कार्य कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करें बैठक में ये भी तय किया गया कि संसद का सत्र अपने नियत समय तक जारी रहेगा पूर्णागिरि मेला स्थगित प्रदेश में कोरोना वायरस के अलर्ट को देखते हुए चम्पावत जिला प्रशासन ने पूर्णागिरि मेले पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्णय लिया है कल जिला प्रशासन और मेला कमेटी के बीच हुई बैठक के बाद शासन से अनुमति मिलने पर मेले को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया

जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि मेले में आने वाले भक्तों के विशाल जनसमूह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले का संचालन अग्रिम आदेश तक रोकने का फैसला किया है

टिहरी जिले में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है टिहरी की मुख्य चिकित्साधिकारी मीनू रावत ने बताया कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ती को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके बाद वो गांव गांव में जाकर इस संक्रमण से बचाव के उपाय लोगों को बताएंगे साथ ही नगर पालिका नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं